मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को समुचित ढंग से क्रियान्वित करने के दिये निर्देश सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पचासवें अन्तरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल गोवा में किया श्भारम्भ कहा सिंगल विंडो के माध्यम से दी जाएगी फिल्मों की शूटिंग की मंजूरी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सरकार दो हजार बाईस तक प्रत्येक गरीब को पक्का मकान देने के लिए प्रयासरत

विधेयक में चिट फंड अधिनियम उन्नीस सौ बयासी में संशोधन का प्रस्ताव है विधेयक का उद्देश्य चिट फंड क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना और इस क्षेत्र की अड़चनों को दूर करके लोगों तक वित्तीय पहुंच आसान बनाना है चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधेयक के अनुसार व्यक्ति विशेष के लिए चिट फंड की कुल राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है इनकी जो पोन्जी स्कीम्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं वो डिपोजिट वेस्ड हैं घपले करने वाले काम हैं विटफंड एक लीगल सिस्टम है जिसके माध्यम से उसको चलाया जा सकता है

अनुराग ठाकूर ने कहा कि गरीब और समाज के कमजोर वर्ग के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि चिट फंड योजनाओं में ठगे गये निवेशकों की राशि वापस मिलनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है योजना के तीन वर्ष प्रे होने पर श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना से करोड़ों लोगों का सशक्तिकरण हुआ है उन्होंने कहा कि धर का मतलब केवल चार दीवारें ही नहीं होता बल्कि यह लोगों के सपनों और आकांवाओं के पूरा होने का स्थान होता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की चौबीस तारीख़ यानी रविवार को सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मन की बात की उन्सठवीं कड़ी होगी एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को समुचित ढंग से क्रियान्वित कराने के निर्देश दिये हैं श्री योगी कल बलरामपुर में अपने दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था सीमा सुरक्षा और विकास कार्यो की समीक्षा कर रहे थे बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के सर्वागीण विकास के प्रति संकल्यित है और इस दिशा में प्रभावी कृदम उठाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि बलरामप्र श्रावस्ती और बहराइच जिलों के पिछड़ेपन को मद्देनज़र रखते हुए विकास का ख़ाका तैयार किया गया है श्री योगी ने कहा कि श्रावस्ती और बलरामपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं है जिसे देखते हुए पर्यटन विभाग काम कर रहा है और जल्द ही इस क्षेत्र को हवाई सेवा से भी जोड़ दिया जायेगा बलरामपुर में विकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेटेलाइट सेन्टर स्थापित किया जा रहा है और वह इसी वित्तीय वर्ष में काम करना शुरू कर देगा श्री योगी ने कहा कि बहराइच में मेडिकल कॉलेज की शुरूआत हो चुकी है और गोण्डा में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी करा ली जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि देवीपाटन मंडल के तीन ज़िले नेपाल सीमा से सटे होने की वजह से काफ़ी संवेदनशील है इसलिये सीमा पर स्रक्षा के लिहाज़ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है इस दौरान श्री योगी ने पूलिस लाइंस परिसर में नवनिर्मित पूलिस कैन्टीन का फ़ीता काट कर श्मारम्भ भी किया इस पुलिस कैन्टीन में ज़रूरत का सभी सामान उपलब्ध रहेगा जो लागत मूल्य पर पुलिस कर्मियों को मिल सकेगा समीक्षा बैठक में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री जनपद के प्रभारी मंत्री चेतन चौहान सहित पार्टी के कई विधायक भी मौजूद थे

देश विदेश से फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियां इस समारोह की साक्षी बनीं महोत्सव का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया उन्होंने कहा कि भारत ने फिल्मों के जरिए विश्व में अपनी पहचान बनाई है उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्मों को विश्वभर में पसंद किया जाता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि एक ही छत के नीचे देश में फिल्मों की शूटिंग की अन्मति देने की व्यवस्था की गई है शूटिंग के लिए देशी फिल्म हो विदेशी फिल्म हो अपने देश में इतनी सीनिक व्यूटीफुल शूटिंग साइट्स हैं

इस अवसर पर जाने माने अभिनेता रजनीकांत को आईकॉन ऑफ जुवली पुरस्कार से सम्मानित किया गया

श्री बच्चन ने इस मौके पर अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया

इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में बनी हुई छोटी छोटी फिल्में भी राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहुंच बनाती हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऐसी तमाम फिल्मों को शामिल किया गया है समारोह में फ्रांस की जानी मानी अभिनेत्री ईजाबेल हुपर्ट को लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया ईफ्फी के पचासवें संस्करण के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती जनपद में मुण्डेरवा चीनी मिल का उद्घाटन करेंगे बीते तीन सप्ताह में यह तीसरी चीनी मिल होगी जिसका मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जायेगा इससे पूर्व बागपत और गोरखपुर के पिपराइच में श्री योगी दो चीनी मिलों का शुभारम्भ कर चुके हैं

श्री मौर्य कल प्रतापगढ़ ज़िले के बेलखरनाथ विकासखंड में दो सौ एक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का ज़िक्र करते हए उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षो के दौरान राज्य के सभी गांवों को मुख्य मार्गो से जोड़ दिया गया है इनमें प्रतापगढ़ जिले के इकहत्तर गांव ऐसे हैं जो मुख्य मार्गो से जोड़े गये हैं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जनपद में नौ नये पुल बनाये जाने की घोषणा भी की उन्होंने कहा कि आम लोगों को सुविधा देने के लिये प्रस्तावित सेतुओं पर करीब पचास करोड़ रूपये की लागत आयेगी उधर कल ही सुल्तानपुर में श्री मौर्य ने तैंतीस सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद व स्थानीय विधायक की मांग पर जिले के ओदरा में गोमती नदी पर पुल बनाने के लिये बाईस करोड़ रूपये की मंजूरी दे दी गई है इस अक्सर पर स्थानीय सांसद मेनका गांधी ने जिले के विकास में विशेष रूचि लेने के लिये उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य के प्रति आभार व्यक्त किया इस दौरान श्रीमती मेनका गांधी ने अयोध्या प्रयागराज बाईपास के चौड़ीकरण की मांग भी की प्रधानमंत्री आवास योजना के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कल कौशाम्वी जनपद में जिलाधिकारी मनीश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास दिवस मनाया गया कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब सौ लामार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी एवं सहजन का पौधा प्रदान किया जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार सभी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध करा रही है उन्होंने कहा कि प्रवानमंत्री आवास योजना पूर्ण रूप से निशुल्क है और गरीबों के लिए है उन्होंने लामार्थियों से कहा कि अगर कोई व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे पैसे की मांग करता है तो तत्काल इसकी शिकायत करें इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार पक्का मकान बनाने के लिए एक लाख बीस हजार रूपये की आर्थिक मदद देती है